आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेंचमार्क ब्याज दरों में कमी किए जाने और सभी कर्जों के मासिक भ्गतान पर तीन महीने तक की राहत देने की घोषणा की है श्री दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की वीडियो कांफ्रेंस में ये जानकारी दी

इसी तरह नकद आरक्षी अनुपात भी चार प्रतिशत से घटा कर तीन प्रतिशत कर दिया गया है उन्होंने बताया कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था में तीन लाख चौहतर हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध होंगे शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक मंदी से भारत के लिए भी हालात कठिन हो सकते हैं हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन से खाद्यान्नों के दाम में कुछ कमी आएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक दवारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया है ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाएं गए हैं उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की घोषणाओं से नगदी के प्रवाह में सुधार होगा और मध्यम वर्ग और व्यापार जगत को राहत मिलेगी और कर्ज की दरों में कमी होग सीएम वीसी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन कराया जाए और कोरोना संदिग्ध लोगों को सख्ती के साथ घर पर क्वारंटाइन किया जाए कल म्ख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति और इसके संक्रमण को कम करने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि यह स्निश्चित किया जाए कि आवश्यक सावधानियां बरतते हुए आटा मिलें और फार्मा इंडस्ट्री चलती रहें उन्होंने सभी जिलों में डिलीवरी व्यवस्था को मजबूत बनाने को कहा मुख्यमंत्री ने अभी तक की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आगे भी इसी तरह आपसी समन्वय से काम जारी रहे और छोटी से छोटी लापरवाही भी नहीं होना चाहिए

हालांकि इस दौरान चारपहिया वाहनों पर रोक लगी रही बैठक में सचिव नितेश झा ने बताया कि अभी उत्तराखंड कोरोना के फेज एक में ही है यहां पाए गए पाजिटिव केस बाहर से आए ह्ए हैं स्थानीय संक्रमण नहीं ह्आ है सोशल डिस्टेंसिंग रखने में सफल रहे तो राज्य में कोरोना मामलों को रोकने में अवश्य कामयाब रहेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति के रहने खाने आदि की व्यवस्था करना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं वहीं आज मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सहकारिता उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत और अन्य जनप्रतिनिधियों ने राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान स्थिति और प्रदेशवासियों को इसके प्रभाव से बचाने के लिए उठाए गए कदमों पर विचार विमर्श किया

जिला चिकित्सालय में अन्य मरीजों को देखा जा रहा है

लॉकडाउन में रेडक्रॉस भी जनता को जागरूक कर रही है लॉकडाउन के बीच आज सुबह सात से दोपहर के एक बजे तक की छूट दी गई कई द्वकानदार अपनी द्कानों में कैशलेस की स्विधा भी दे रहे हैं कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने की प्रशासन की अपील और सख्ती पर जनता घरों में ही रह रही है लॉकडाउन चंपावत चम्पावत जिले में लॉकडाउन का व्यापक असर नजर आ रहा है जिला प्रशासन ने सभी द्वकानों में रेट लिस्ट भी चस्पा करवाई है पुलिस का कहना है कि जिन दुकानदारों ने रेट लिस्ट नहीं लगाई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

राज्य के सभी जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग के फायदे प्लिस आम जनता को बता रही है

उन्होने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को अन्य सभी विभागों का पूरा सहयोग मिल रहा है

हरिद्वार के विभिन्न होटलों धर्मशालाओं और आश्रमों में फंसे यात्रियों को पर्यटन विभाग अधिकृत गाड़ियों के द्वारा उनके गंतव्य तक भेज रहा है अभी तक ग्जरात पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश दिल्ली बिहार और तमिलनाडु के लोगों को भैजने की व्यवस्था की जा रही है जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल ने बताया कि करीब ढाई हजार के आसपास यात्री लॉकडाउन के कारण हरिद्वार में रुके ह्ए थे यात्रियों की सूची बनाकर बसों और टैक्सियों से उन्हें भेजा जा रहा है यातायात विभाग उन गाड़ियों को सर्टिफिकेट जारी कर रहा है ताकि उन्हें रास्ते में किसी तरह की परेशानी ना हो

अधिकारियों का कहना है कि जिले में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडारण है द्रस्थ क्षेत्रों तक खाद्यान्न की कोई किल्लत नहीं है जिले में असंगठित और निर्माण कार्यो में लगे मजद्रों का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है